मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज नई दिल्ली में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की उन्होंने रक्षामंत्री से रोहतांग सुरंग के कार्य में तेजी लाने का आग्रह किया ताकि जनजातीय जिले लाहौल स्पिति के लिए हिमपात के दौरान भी उचित सम्पर्क सुविधा सुनिश्चित की जा सके

जयराम ठाकुर ने रक्षामंत्री से लोगों की सुविधा के दृष्टिगत आवाजाही के लिए सड़क मार्ग के रूप में सुरंग का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करने का भी आग्रह किया इस बीच मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय संस्कृति व पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल से भी भेंट की और उनसे प्रसाद योजना के तहत चिंतपूर्णी योजना को जल्द मंजूरी प्रदान करने का आग्रह किया उन्होंने केन्द्रीय मंत्री से वर्चुअल रियलिटी परियोजना और राज्य में पर्यटन अधोसंरचना के विकास के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने की मांग भी की सांसद रामस्वरूप शर्मा भी इस मौके पर मौजूद रहे पुरस्कार हिमाचल प्रदेश को स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बड़े राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया है केन्द्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज नई दिल्ली में इंडिया टूडे स्टेट ऑफ द स्टेटस सम्मेलन में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ये पुरस्कार प्रदान किए

उन्होंने कहा कि प्रदेश में लोगों को घर द्वार पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए हर सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं

वहीं आर्थिक रूप से कमजोर और गम्मीर बीमारी से ग्रस्त लोगों की देखभाल के लिए राज्य में सहारा योजना भी आरम्भ की गई है जिसके तहत गम्भीर बीमारियों के उपचार के लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान की जा रही है इस अवसर पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज भी मौजूद रहे

ये बात सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने मण्डी जिले के धर्मपुर क्षेत्र में आज विभिन्न योजनाओं के उदघाटन व शिलान्यास करने के अवसर पर कही

कांगड़ा जिले के सुलह विधानसभा क्षेत्र के पनापर खोली गांव में आज सड़क का भूमि पूजन करने के बाद उन्होंने ये जानकारी दी विपिन परमार ने कहा कि अगले वर्ष जनवरी से मार्च तक प्रदेश में फिर से हिमकेयर कार्ड बनाए जाएंगे

गोविंद वनमंत्री गोविंद ठाकुर ने लोगों से स्वस्थ रहने के लिए योग और आयुष की विभिन्न पद्धतियों को अपनाने का आहवान किया है सोलन स्थित आयुर्वेदिक अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद लोगों को सम्बोधित करते हुए आज उन्होंने ये बात कही

वनमंत्री ने ये भी कहा कि प्रदेश सरकार वनों के संरक्षण पर जोर दे रही है ताकि बढ़ते पर्यावरण प्रद्षण पर रोक लगाई जा सके गोविंद ठाक्र ने कहा कि सोलन में बच्चों के लिए खेल मैदान बनाने के लिए जिला प्रशासन को उचित स्थान चयनित करने के निर्देश दिए गए हैं

नाहन में आज एक समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि डोर ट्र डोर कचरा एकत्रीकरण से शहर को साफ सुथरा बनाने में मदद मिलती है

उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर भी मिनी कलैक्शन सेंटर स्थापित किए जाने चाहिए ताकि प्लास्टिक और पॉलीथीन कचरे को एकत्रित किया जा सके सरवीण राज्य सरकार सभी स्मार्ट सिटी परियोजनाओं का कार्य तय समय सीमा के भीतर पूरा करेगी शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने एक प्रैस बयान में कहा है कि धर्मशाला स्मार्ट सिटी इंटेलीजेंट और बैरियर फ्री बस शैल्टर से सुसज्जित होगी

कंवर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि बच्चों को स्कूलों में बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश सरकार कृतसंकल्प है ऊना जिले की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बसाल के वार्षिक समारोह में आज उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को संस्कारवान बनाने में शिक्षकों की अहम भूमिका रहती है वीरेन्द्र कंवर ने बताया कि बसाल टक्का और धमांदरी स्कूलों में एक एक करोड़ रूपए की लागत से खेल स्टेडियमों का निर्माण किया जा रहा है

ये जानकारी सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने आज कसौली विधानसभा क्षेत्र के धर्मपुर और परवाणु में लोगों को संबोधित करते हुए दी

मौसम प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पिति व किन्नौर सहित कुल्लू जिले की ऊंची चोटियों पर रूक रूक कर बर्फबारी और निचले इलाकों में वर्षा से ठंड का प्रकोप बढ़ गया है

बर्फबारी के कारण रोहतांग दर्रा वाहनों की आवाजाही के लिए फिर से बंद हो गया है जिससे घाटी में लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है इधर राजधानी शिमला सहित प्रदेश के निचले इलाकों में दिन भर बादल छाए रहे